पोलिंग पार्टी मतदान केंद्रों के लिये रवाना वाल्मीकिनगर उप चुनाव के लिए भी कल होगी वोटिंग

स्वस्थ होने की दर छियानवे दशमलव तीन नौ प्रतिशत बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

बिहार के लोगों को लिखे पत्र में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि केन्द्र की एन डी ए और बिहार की जदयू भाजपा की सरकारों के डबल इंजन से बिहार इस दशक में विकास के नये कीर्तिमान स्थापित करेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि वे बिहार के विकास के लिए कृत संकल्प हैं श्री मोदी ने कहा कि नीतीश कृमार के नेतृत्व में एन डी ए सरकार के अंतर्गत बिहार में काफी विकास हुआ है और सरकार ने इस संबंध में अपना रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत किया है उन्होंने कहा कि लोगों का विश्वास है कि एन डी ए सरकार राज्य में विकास की रफ्तार को आगे भी बनाये रख सकती है श्री मोदी ने कहा कि एन डी ए सरकार ने बिहार में बिजली पानी सड़क शिक्षा और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में अनेक कार्य किये हैं विधानसभा चूनाव के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं इस चरण में अररिया किशनगंज कटिहार और मधेपुरा सहित पन्द्रह जिलों की अठहत्तर विधानसभा सीटों में कल मतदान होगा वहीं वाल्मीकिनगर लोकसभा उप चुनाव के लिये भी कल ही वोट डाले जायेंगे तीसरे चरण में दो करोड़ पैंतीस लाख चौवन हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे चुनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें एक करोड़ तेईस लाख पच्चीस हजार सात सौ अस्सी पुरूष और एक करोड़ बारह लाख पांच हजार तीन सौ अठहत्तर महिला मतदाता हैं वहीं तीसरे लिंग के मतदाताओं की संख्या आठ सौ चौरानवे है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकरी संजय कुमार सिंह ने बताया कि अस्सी वर्ष से अधिक उम्र के और दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट उपलब्ध कराये गये हैं जिनकी संख्या अठारह हजार पांच सौ चौरानवे है

प्रत्याशियों में एक हजार चौरानवे पुरूष और एक सौ दस महिलाएं हैं गायघाट विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक इकतीस वहीं चिरैया त्रिवेणीगंज जोकीहाट और बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम नौ नौ प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं मतदान के लिये तैंतीस हजार सात सौ बयासी पोलिंग बूथ बनाये गये हैं जिनमें से चार हजार नौ सौ निन्यानवे संवेदनशील हैं निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने के लिये सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये हैं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती की गयी है वहीं जिला पुलिस होमगार्ड सैप और बीएमपी के जवानों को भी सुरक्षा में लगाया गया है श्री सिंह ने बताया कि नदी और दियारा इलाके में नाव और घुड़सवार दस्ते की मदद से भी पेट्रोलिंग की जायेगी प्ररे मतदान प्रक्रिया की हेलीकाप्टर के माध्यम से निगरानी होगी वहीं दो हजार आठ सौ दस मतदान केन्द्रों से वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गयी है मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी होगी मतदान समाप्ति के बाद जीपीएस लगे वाहनों से ईवीएम को स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया जायेगा अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिये मतदान केन्द्रों पर रैंप और व्हील चेयर उपलब्ध रहेगा वहीं पोलिंग ब्रथों पर पेयजल शेड और शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है इधर हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि मतदानकर्मियों को चुनाव सामग्रियों के साथ मतदान केन्द्रों पर भेजने का काम शुरू हो गया है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि मतदान का सामान्य समय सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक रहेगा उन्होंने बताया कि सुरक्षा कारणों से चार विधानसभा क्षेत्रों में मतदान का समय अपराहन चार बजे तक निर्धारित है

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि संसदीय उप चुनाव में सत्रह लाख सत्ताईस हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे उप चुनाव के लिए सात प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं

इसे देखते हुये चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर कोविड से बचाव के लिये मानक संचालन प्रक्रिया के तहत सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने बताया कि मतदाताओं के लिये ब्रथ पर मास्क पहनकर आना अनिवार्य होगा पोलिंग ब्रथों पर प्रवेश से पूर्व मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी जिन लोगों का तापमान तय मानक से अधिक होगा उनका आधे घंटे बाद दोबारा तापमान जांचा जायेगा शरीर का तापमान कम नहीं होने की स्थिति में उन्हें मतदान के अंतिम घंटे में वोट डालने के लिये बुलाया जायेगा और उन्हें इसके लिये एक टोकन भी उपलब्ध कराया जायेगा सुरक्षित दूरी के नियम का पालन करने के लिये पोलिंग ब्रथ पर मतदाताओं के कतारबद्ध होने के लिये गोल घेरे बनाये गये हैं मतदान केंद्रों के प्रवेश और निकास द्वार पर पानी साबुन और हैंड सेनिटाईजर की व्यवस्था होगी मतदाताओं को एक हाथ का ग्लव्स दिया जायेगा जिसे पहनकर वे ईवीएम का बटन दबायेंगे समय समय पर बूथों को सेनिटाइज किया जायेगा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिये स्वास्थ्य टीमों का भी गठन किया गया है इस बार प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक हजार पांच सौ के स्थान पर केवल एक हजार मतदाता ही मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे तीसरे और अंतिम चरण की अठहत्तर विधानसभा सीटों में महागठबंधन की ओर राजद ने सबसे अधिक छियालीस उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं कांग्रेस के पच्चीस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के दो और भाकपा माले के पांच उम्मीदवार चुनाव मैदान में है वहीं एनडीए की ओर से जदयू से सैंतीस भाजपा से पैंतीस विकासशील इंसान पार्टी से पांच और हिन्द्रस्तानी आवाम मोर्चा से एक उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं इसी तरह लोक जनशक्ति पार्टी ने बयालीस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इकतीस राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने तेईस और बहजन समाज पार्टी ने उन्नीस उम्मीदवार उतारे हैं तीसरे चरण में तीन सौ बयासी निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं पिछले विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर जदूय को तेईस राजद और भाजपा को बीस बीस कांग्रेस को ग्यारह निर्दलीय को दो और भाकपा माले तथा रालोसपा को एक एक सीट पर जीत मिली थी तीसरे और अंतिम चरण के विधानसभा चुनाव में कई राजनीतिक दिग्गजों की प्रतिष्ठा दाव पर लगी है विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के अलावा बारह मंत्रियों के राजनैतिक भाग्य का फैसला इस चरण में होगा मंत्रियों में जदयू से बिजेंद्र प्रसाद यादव नरेंद्र नारायण यादव रमेश ऋषिदेव खूर्शीद उर्फ फिरोज अहमद लक्ष्मेश्वर राय बीमा भारती मदन सहनी और महेश्वर हजारी हैं जबकि भाजपा कोटे से मंत्री प्रमोद कुमार सुरेश कुमार शर्मा विनोद नारायण झा और कृष्ण कुमार ऋषि शामिल हैं राजद के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दिकी और रमई राम की किस्मत का फैसला भी इसी चरण में होना है इनके अलावा प्रमुख उम्मीदवारों में जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव कांग्रेस की सुभाषिनी यादव शकील अहमद खां भाकपा के राम नरेश पांडये राजद की रितु जायसवाल और प्लुरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी शामिल हैं दरभंगा के हायाघाट विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविन्द्र नाथ सिंह को अपराधियों ने गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया उनका दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है जहां उनकी स्थिति गम्भीर बतायी जा रही है पुलिस मामले की जांच कर रही है बिहार में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने दर छियानवे दशमलव तीन नौ प्रतिशत हो गई है यह दर राष्ट्रीय औसत से चार दशमलव एक नौ प्रतिशत ज्यादा है राज्य में कोविड रोगियों की संख्या में भी लगातार कमी आ रही है इस समय छह हजार आठ सौ छब्बीस मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है कल चार सौ सड़सठ मरीज ठीक हुए जबकि सात सौ इकतालीस नए लोगों में संक्रमण की प्रष्टि हुई राज्य में संक्रमण से अब तक दो लाख बारह हजार दो सौ अंठानवे मरीज स्वस्थ हो चुके हैं भागलपुर जिले के अकबर नगर थाना क्षेत्र भगवानपुर बगीचा के पास अपराधियों ने एक व्यवसायी की हत्या कर पच्चीस लाख रूपये लूट लिये पुलिस ने बताया कि मोटरसाईकिल सवार चार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है औरंगाबाद जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के देव मोड़ के पास एक ट्रक के अनियंत्रित होकर ऑटो रिक्शा पर पलट जाने से तीन लोगों की मौत हो गयी तथा चार अन्य घायल हो गये भागलपुर जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र में तीनटंगा गांव के पास गंगा नदी में नौका के पलट जाने से एक महिला की मौत हो गई जबकि पांच अन्य लापता हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले वर्ष होने वाली इंटरमीडिएट की परीक्षा के कार्यक्रम में बदलाव किया है अब यह परीक्षा दो फरवरी की जगह एक फरवरी से शुरू होगी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने तीसरे चरण के मतदान की तैयारियों और इस चरण के लिए अंतिम दिन हुये प्रचार से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बिहार के नाम लिखी चिट्ठी को प्रमुखता देते हुये लिखा है विकास के लिए नीतीश सरकार जरूरी प्रभात खबर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है बिहार की विकास योजनाएं अटके और भटके नहीं इसलिए नीतीश जरूरी दैनिक जागरण की सुर्खी है प्रचार के अंतिम दिन अंतिम सभा में बोले नीतीश यह मेरा अंतिम चूनाव दैनिक भास्कर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है महागठबंधन की सरकार एक नया बिहार बनायेगी आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने चुनाव की तैयारियों की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया

पोलिंग पार्टी मतदान केंद्रों के लिये रवाना वाल्मीकिनगर उप चूनाव के लिए भी कल होगी वोटिंग

स्वस्थ होने की दर छियानवे दशमलव तीन नौ प्रतिशत